आयुष्मान भारत योजना प्रदेश में आयुष्मान भारत की पायलट परियोजना बीती रात से शुरू हो गई है वर्तमान में प्रदेश के एक हजार तैंतीस अस्पतालों में इस योजना को शुरू किया गया है इनमें छह सौ आठ सरकारी और तीन सौ पच्चीस निजी अस्पताल शामिल हैं इसके तहत प्रदेश के चालीस लाख परिवारों को शामिल करने की तैयारी की गई है पात्रता रखने वाले परिवारों को आयुष्मान कार्ड जारी किए जा रहे हैं स्वास्थ्य संचालनालय के आयुक्त आर प्रसन्ना ने बताया कि आम जनता को इस योजना की जानकारी आसानी से मिल सके इसके लिए टोल फ्री नंबर एक शून्य चार पर संपर्क किया जा सकता है उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत पहले से जारी स्मार्ट कार्ड आयुष्मान कार्ड आधार कार्ड और राशन कार्ड को लेकर कोई भी मरीज पंजीकृत अस्पताल में इलाज की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं अटल विकास यात्रा मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह अटल विकास यात्रा के तहत कल अट्ठारह सितंबर से बिलासपुर और सरगुजा संभाग का तीन दिवसीय दौरा करेंगे डॉक्टर सिंह कल बिलासपुर रायगढ़ और कोरिया जिले में उन्नीस सितंबर को कोरबा बलरामपुर रामानुजगंज और सूरजपुर का तथा बीस सितंबर को सरगुजा जशपुर तथा मुंगेली जिले का दौरा करेंगे विकास यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री विभिन्न निर्माण कार्यो का लोकार्पण शिलान्यास और भूमिपूजन करेंगे प्रधानमंत्री जन्मदिन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज अपना अड़सठवां जन्मदिन मना रहे हैं इस मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उपराष्ट्रपति वेंकैया नायड् और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी सहित कई नेताओं ने उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने भी प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर उन्हें बधाई और श्भकामनाएं दी हैं अपने बधाई संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि श्री मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से देश तेर्जी से विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है वहीं द्र्ग जिले में भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का जन्मदिन सेवा दिवस के रूप में मनाया

जारी आदेश के अनुसार भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी आलोक अवस्थी को खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड के साथ ही छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी के संचालक पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है अलरमेल मंगई डी को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के विशेष सचिव का अतिरिक्त प्रभार तथा एस प्रकाश को सर्व शिक्षा अभियान के संचालक और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा मिशन के प्रबंध संचालक के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त किया गया है वहीं विनीत नंदनवार को समग्र शिक्षा अभियान के संचालक पद पर पदस्थ किया गया है नुप्रर राशि पन्ना को कोंडागांव जिला पंचायत और आरके ख्रंटे को गरियाबंद जिला पंचायत का मुख्य कार्यपालन अधिकारी बनाया गया है वहीं भारतीय वन सेवा के अधिकारी पीसी मिश्रा को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा का आयुक्त और पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग का प्रमुख सचिव नियुक्त किया गया है इसी तरह कृषि विभाग के सचिव और गन्ना आयुक्त अनूप कुमार श्रीवास्तव की सेवाएं तत्काल प्रभाव से वन विभाग को लौटा दी गई हैं जबकि जयसिंह म्हस्के को वन विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है वहीं अमरनाथ प्रसाद को कृषि विभाग का विशेष सचिव बनाया गया है संजय शुक्ला को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के प्रमुख सचिव के साथ ही आवास और पर्यावरण सहित इलेक्ट्रॉनिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग का विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी बनाया गया है उन्हें नगर तथा ग्राम निवेश विभाग के आयुक्त और संचालक का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है सुनील मिश्रा को पर्यावरण संरक्षण मंडल का सदस्य सचिव नियुक्त किया गया है वहीं अरूण प्रसाद पी को राज्य औद्योगिक विकास निगम सीएसआईडीसी का प्रबंध संचालक बनाया गया है

वहीं शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय के प्राचार्य अशोक कुमार दुबे को रोजगार और प्रशिक्षण विभाग के संचालक के प्रभार से मुक्त किया गया है भारतीय दूरसंचार सेवा के अधिकारी वीके छबलानी को महिला और बाल विकास विभाग का विशेष सचिव बनाया गया है इसके अलावा राज्य सरकार ने नगरीय निकाय के पांच अधिकारियों का भी तबादला किया है जारी आदेश के अनुसार एसके सुंदरानी को नगर निगम भिलाई का आयुक्त बनाया गया है आरके दोहरे को राज्य शहरी विकास अभिकरण का उप मुख्य कार्यपालन अधिकारी डीके बांसवार को नगरीय प्रशासन विभाग का उप संचालक पीआर ध्र्व को नगर पंचायत आरंग का मुख्य कार्यपालन अधिकारी और हिमांशु तिवारी को क्षेत्रीय कार्यालय जगदलपुर का संयुक्त संचालक नियुक्त किया गया है रेलवे स्वच्छता पखवाड़ा दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे रायपुर रेलमंडल द्वारा इन दिनों स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है पखवाड़े के दूसरे दिन रायपुर स्टेशन और अन्य स्टेशनों पर पेपरलेस टिकटिंग पर जोर दिया गया इसके लिए सहायता केंद्रों पर यात्रियों को बताया गया कि मोबाइल फोन के माध्यम से अनारक्षित टिकट कैसे प्राप्त कर सकते हैं विश्वकर्मा जयंती सुजन के देवता भगवान विश्वकर्मा की जयंती आज राजधानी रायपुर सहित प्रदेशभर में हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है इस अवसर पर प्रदेश की विभिन्न औद्योगिक इकाईयों और प्रतिष्ठानों में अभियंताओं ने भगवान विश्वकर्मा के साथ ही उपकरणों और मशीनों की पूजा की इसके अलावा सभी जिलों में स्थित पूलिस के रक्षित कार्यालयों में भी अस्त्र शस्त्रों की पूजा अर्चना की गई इस मौके पर प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर शोभायात्रा भी निकाली गई आकाशवाणी केंद्र रायपुर में भी आज अधिकारियों कर्मचारियों ने नियंत्रण कक्ष में भगवान विश्वकर्मा की पूजा अर्चना की मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर जनता को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं इस अवसर पर उन्होंने प्रदेशवासियों के जीवन में सुख समृद्धि की कामना भी की ग्राउंड रिपोर्ट स्टार्टअप इंडिया योजना केंद्र सरकार की स्टार्टअप इंडिया योजना से प्रदेश के बहुत से बेरोजगार युवा इन दिनों उद्यमी बनकर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो रहे हैं

भारत अब तक कुल दो सौ उनतालीस विदेशी उपग्रह प्रक्षेपित कर चुका है नारी शक्ति सम्मान केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्तर पर दिए जाने वाले नारी शक्ति पुरस्कार के लिए प्रविष्टियां आमंत्रित की हैं मंत्रालय की ओर से जारी सूचना में कहा गया है कि सभी प्रविष्टियां आगामी इकतीस अक्टूबर तक स्वीकार की जाएंगी गौरतलब है कि यह पुरस्कार महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए हर वर्ष प्रदान किया जाता है

इस हादसे में पच्चीस से अधिक यात्री घायल हो गए हैं